आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी राजधानी पटना समेत राज्यभर में गर्मी का प्रकोप बढ़ा

लोकसभा चुनाव के छठे चरण में बारह मई को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त हो जायेगा इस चरण में वाल्मीकिनगर पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण शिवहर वैशाली गोपालगंज सिवान और महाराजगंज संसदीय क्षेत्रों में मतदान होना है छठे चरण में कुल एक सौ सत्ताईस उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं जबकि मतदाताओं की संख्या एक करोड़ अड़तीस लाख से अधिक है संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रवीण कुमार गुप्ता ने बताया कि चुनाव को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं अंतर्राज्यीय सीमा को भी सील कर दिया गया है उन्होंने बताया कि पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण शिवहर गोपालगंज सीवान और महाराजगंज लोकसभा के संपूर्ण क्षेत्र में सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान होगा वहीं वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र के वाल्मीकिनगर और रामनगर विधानसभा क्षेत्र में तथा वैशाली लोकसभा क्षेत्र के मीनापुर पारू और साहेबगंज विधानसभा क्षेत्रों में सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक मतदान कराया जायेगा इसके अतिरिक्त वाल्मीकिनगर और वैशाली लोकसभा क्षेत्र के अन्य विधानसभा क्षेत्रों में सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान होगा छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार को लेकर सभी प्रमुख दलों के नेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी सभा और रोड शो कर रहे हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोतिहारी और रीगा में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुये कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण संवैधानिक अधिकार है इसको कोई खत्म नहीं कर सकता है भाजपा के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री स्शील कुमार मोदी ने कहा कि लोकसभा चूनाव भ्रष्टाचारियों और ईमानदारों के बीच की लड़ाई है जनता ईमानदारों को अपना समर्थन देगी लोजपा प्रमूख रामविलास पासवान ने एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने की अपील की भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव ने पश्चिम चम्पारण के नौतन में कहा कि देश की उन्नति और प्रगति के लिए एक बार फिर नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार में देश का चौतरफा विकास हुआ है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सारण जिले के एकमा और मांझी में आयोजित चूनावी सभा में कहा कि राज्य में शराबबंदी पूरी तरह विफल साबित हुई है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार जनता की उम्मीदों को पूरा करने में विफल रही है रालोसपा प्रमूख उपेन्द्र क्शवाहा ने गोपालगंज के तरवारा में कहा कि केन्द्र की गलत नीतियों के कारण देश की शिक्षा व्यवस्था बदहाल हो गयी है उन्होंने कहा कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था से ही देश का नवनिर्माण सम्भव है पूर्व मुख्यमंत्री और हम के प्रमुख जीतनराम मांझी ने गोपालगंज में कहा कि एनडीए सरकार संविधान को बदलना चाहती है उन्होंने नीतीश सरकार पर गरीब विरोधी होने का आरोप लगाया भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्या ने आरा में आयोजित जनसभाओं में कहा कि केन्द्र की एनडीए सरकार ने जनता से किये गये वादों को पूरा नहीं किया है भाजपा वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव और प्रेम कुमार जदयू के प्रदेश प्रवक्ता प्रगति मेहता समेत विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने अपने उम्मीदवारो के पक्ष में मतदान करने की अपील जनता से की है केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह आज वैशाली लोकसभा क्षेत्र के सरैया में एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे सातवें चरण में उन्नीस मई को होने वाले लोकसभा चूनाव के लिए भी प्रचार अभियान तेज हो गया है इस चरण में नालंदा पटना साहिब पाटलिप्त्र आरा बक्सर सासाराम काराकाट और जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा पटना साहिब के भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद और पाटलिपुत्र के भाजपा उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने जनसम्कर्प अभियान चलाया और लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की उधर पूर्व मूख्यमंत्री राबड़ी देवी ने पाटलिपूत्र से राजद उम्मीदवार मीसा भारती के लिए प्रचार अभियान चलाया और वोट मांगा इसके साथ ही सातवें चरण में होने वाले चुनाव के लोकसभा क्षेत्रों में विभिन्न पार्टियों के प्रमुख नेताओं का दौरा शुरू हो गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बक्सर भभुआ और भोजपुर जिले में कई चुनावी सभा को संबोधित करेंगे राजधानी पटना समेत राज्यभर में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है राज्य के बत्तीस जिले लू की चपेट में हैं इन जिलों में बीस बाईस किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से शुष्क पछुआ हवा चल रही है हीट वेब से लोगों की परेशानी बढ़ गयी है राजधानी पटना का अधिकतम तापमान कल तैंतालीस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से छह डिग्री अधिक है गया राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा जहां का अधिकतम तापमान चौवालीस दशमलव सात डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया भागलपुर का अधिकतम तापमान उनचालीस दशमलव चार पूर्णिया का छत्तीस दशमलव चार छपरा का इकतालीस दशमलव छह मुजफ्फरपुर का अड़तीस दशमलव चार फारबीसगंज का चौतीस दशमलव दो और सुपौल का अधिकतम तापमान चौंतीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि कल से तेरह मई तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है उच्चतम न्यायालय राज्य के लगभग पौने चार लाख नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन से जुड़े मामले पर आज फैसला सुना सकता है उच्चतम न्यायालय में यह मामला आज के लिए सूचीबद्ध है न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे और उदय उमेश ललित की खंडपीठ में इस मामले की अंतिम सुनवाई पिछले साल तीन अक्टूबर को हुई थी खंडपीठ ने तब फैसला सुरक्षित रखा था इस मामले में लगभग सात माह बाद फैसला आने की उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ने दो हजार सत्रह की एसएससी परीक्षा के परिणाम जारी करने पर लगी रोक को हटा ली है इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश जी एस सिंघवी के अध्यक्षता में सात सदस्यीय कमिटी बनायी है यह कमिटी नौकरियों के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा प्रणाली में खामिया दूर करने का सुझाव देगी उच्चतम न्यायालय आज अयोध्या रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में सुनवाई करेगा प्रधान न्यायाधीश रजंन गोगोई न्यायमूर्ति एस ए बोबडे डी वाई चन्द्रचूड़ अशोक भूषण और एस अब्दुल नजीर की पांच सदस्यों की संविधान पीठ मामले की सुनवाई करेगी पश्चिम चम्पारण जिले के नौतन थाना में शिक्षक नियोजन में धांधली के आरोप में ग्यारह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की जांच के दौरान फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति का मामला सामने आया था इसके बाद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है पूर्व मध्य रेलवे ने गर्मी की छूट्टी को लेकर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुये सात जोड़ी समर स्पेशल ट्रेन चलायेगा इस संबंध में रेलवे ने समर स्पेशल ट्रेनों के नाम और समय सारणी जारी कर दी है कैपिटल एक्सप्रेस में फर्जी टीटीई बनकर यात्रियों से वसूली करने वाले दो युवकों को जीआरपी बरौनी ने गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचारों पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी प्रमुख सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान की सुर्खी है राहुल को नागरिकता पर राहत इसी अखबार की एक अन्य सुर्खी है कुलपतियों को आईएएस जैसी मिलेंगी सुविधाएं दैनिक जागरण ने लिखा है सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने नहीं मानीं केन्द्र सरकार की आपत्तियां प्रभात खबर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान को सुर्खी बनाते हुये लिखा है पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी ने दिया कोड वर्ड चुपचाप कमल छाप दैनिक भास्कर ने राज्यभर में बढ़ती गर्मी से जुड़ी खबर को आंकड़ों के साथ प्रकाशित करते हुये लिखा है पटना समेत बत्तीस जिलों में आसमान से बरस रही आग इसके अलावा अखबारों ने छठे चरण में आठ सीटों पर होने वाले चुनाव प्रचार आज समाप्त होने से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी राजधानी पटना समेत राज्यभर में गर्मी का प्रकोप बढ़ा